राजभवन में आयोजित टॉपर्स कान्क्लेव समपन्न पांच दिवसीय कान्क्लेव में छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी दी गई जैव विविधता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैव ईंधन के इस्तेमाल से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा और सरकार कूडे कचरे को जैव ईंधन में बदलने के लिए बड़ा निवेश कर रही है

प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षो में ऐथनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इससे न केवल किसानों को मदद मिली है बल्कि पिछले एक साल में चार हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण वन्य जीव वन और तटवर्ती नियमन क्षेत्र से संबंधित मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की परिवेश वेब पोर्टल की शुरूआत की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जैव ईंधन के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है

श्रीनगर गढ़वाल में पत्रकारों से बातचीत में सुश्री भारती ने कहा कि नई जल नीति के तहत बड़ी मात्रा में पानी की बचत करने के प्रयास किए जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत आयोजित जागरूकता समारोह में हिस्सा लिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य में स्वच्छता की आदत संस्कार की तरह होनी चाहिए मौसम अगले तीन दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में टिहरी देहराद्रन पिथौरागढ़ चम्पावत नैनीताल उधमसिंह नगर और पौड़ी में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है

छावनी परिषद ने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिये कई स्थानों में जैविक और अजैविक कूड़ेदान लगाये है

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई क्षेत्रों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है ऐसा ही एक क्षेत्र अल्मोड़ा है जहां छावनी परिषद ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सफलता हासिल की है छावनी परिषद ने पूरे क्षेत्र में जैविक और अजैविक कूड़ेदान लगाये है जिससे काफी हद तक खुले में कूड़े और गंदगी से निजात मिली है आज स्वच्छ भारत अभियान के अर्न्तगत शौचालय की सुविधा मिलने से स्थानीय महिलायें और छात्रायें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जता रही है

हाल ही में हए स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण के सर्वेक्षण में अल्मोड़ा छावनी क्षेत्र को देश में दूसरा स्थान मिला है

इससे पहले सार्वजनिक स्थानों में शौचालय की सुविधा नही थी जिससे खासकर महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था

यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई साईड इफेक्ट भी नहीं होता बच्चों में कृमि नियंत्रण से पोषण स्तर और खून की कमी में सुधार होता है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अभियान को सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पहले ही सभी इंतजाम पूरे किए गए थे राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों आंगनबाडी केन्द्रों सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में प्रशासन ने निःशुल्क एलबेंडाजोल की गोलियां उपलब्ध करायी थीं

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एसके झा ने कहा कि सेहतमंद भविष्य के लिए बच्चों को क्रमि से मुक्ति दिलाना जरूरी है उन्होंने शिक्षकों और अभिवाकों से इस अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने की अपील की

उधर चमोली जिले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तृप्ति बहगुणा ने बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा खिलाकर इस राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की

जिलाधिकारी ने इस दौरान बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबून से अच्छी तरह हाथों को साफ धोने को प्रेरित किया राज्य के अन्य हिस्सों में भी बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाई गई समापन राजभवन में आयोजित टॉपर्स कान्क्लेव आज समपन्न हो गया इस पांच दिवसीय कान्क्लेव में पदम विभूषण प्रोफेसर जेवी नार्लीकर और पद्मश्री प्रोएएस किरन कुमार सहित अन्य प्रबुद्ध वक्ताओं ने छात्रों को विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी दी समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल ने कहा कि टॉपर्स कान्क्लेव उत्कृष्ट छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है जहां छात्रों को विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न जानकारी हासिल करने का अवसर मिलता है इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धनसिंह रावत ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है

बैठक रुद्दप्रयाग जिले में केवल बिना गैस अथवा विद्युत कनैक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही केरोसीन तेल उपलब्ध कराया जाएगा यह बात जिले के पूर्ति निरीक्षक ने राजकीय अन्न भण्डार गुप्तकाशी में राशन विक्रेताओं के साथ आयोजित बैठक में कही बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्र में तीन महीने के अग्रिम खाद्यान्न वितरण के संबंध में ग्रेन डीलरों ने बताया कि सभी राशन कार्ड धारकों को सितम्बर महीने तक के लिए राशन दे दिया गया है बटर फेस्टिवल उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में आयोजित होने वाले बटर फेस्टिवल को फूड फेस्टिवल से जोड़ा जाएगा